शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी पर आज माँ दूर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्वालु पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों और पूजा पंडालों में खोइंछा भरने को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गयी शहरी इलाकों में पंडालों का आकर्षण देखते ही बन रहा है देवी दुर्गा के दर्शन और पंडालों के आस पास लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं इधर दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं प्रदेशभर में मंदिरों और पूजा पंडालों में सुरक्षाबलों की तैनाती की गयी है संवेदनशील स्थानों पर अर्द्व सैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है पंडालों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें अलर्ट पर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि सरकार को उचित और जरूरी कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए नागपुर में विजयदशमी के उपलक्ष्य में अपने वार्षिक संबोधन में श्री भागवत ने कहा कि आत्मसम्मान की दृष्टि से मंदिर का निर्माण जरूरी है और इसके बनने से आपसी सद्भाव और मेलजोल का माहौल बनेगा राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री भागवत ने कहा कि देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने आज भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की समझा जाता है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और चुनाव से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया केन्द्र सरकार ने पचास करोड़ मोबाइल नम्बरों के कट जाने के खतरे की बात को निराधार बताया है दूर संचार विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही है जारी वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के बीच अनावश्यक रूप से डर की भावना पैदा की गई है विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं कहा है कि आधार कार्डो के जरिए लिए गए मोबाइल नम्बरों को काटना होगा सरकार ने यह आशवस्त किया है कि दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई एक मोबाइल ऐप के जरिए नये सिम कार्ड जारी करने के लिए एक बाधा रहित डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों को अपनी सेवाएं बंद करने से तीसे दिन पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना होगा कम्पनियों के लिए इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आपदाओं से कारगर तरीके से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि आपदाओं से जुड़े विभिन्न संबद्ध पक्षों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त अभ्यास किये जाने चाहिए ताकि आपदाओं के समय जान और माल की हिफाजत के लिए बेहतर तरीके से कार्रवाई की जा सके वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण की छठी बैठक में प्राधिकरण के विभिन्न परियोजनाओं और उसके कामकाज की समीक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के कार्य में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता अपनाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों समेत गृहमंत्री राजनाथ सिंह वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी उपस्थित थे प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बलकटवा निवासी संदिग्ध आतंकी उमर मदनी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है ईडी ने उसे पांच नवम्बर को दिल्ली स्थित निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है संदिग्ध आतंकी के खिलाफ आय से अधिक सम्पति मामले में ईडी की टीम भी जाँच कर रही है जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष एक बार भी उपस्थित नहीं हो पाया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई के संबद्धता संबंधी उपनियम नये सिरे से तैयार किए गये हैं इससे संबद्ध स्कूलों के काम काज में तेजी पारदर्शिता और सुगमता आ सके आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब से जिला शिक्षा अधिकारी सीबीएसई से संबद्धता के आवेदनों का परीक्षण करेंगे श्री जावडेकर ने कहा कि संबद्धता की समूची प्रक्रिया को ऑनलाईन बनाया जा रहा है इससे राज्य और केन्द्र स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेने में कोई समस्या नहीं होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाते से प्रदेश में लोगों को बैंकिंग के साथ कई अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्राप्त करने में सुविधा हो रही है हमारे भागलपुर संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता भागलपुर जिले में जन धन योजना के तहत खोले गये खातों से लोग पैसे के जमा और निकासी की सुविधा के साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना और डीबीटी के तहत मिलने वाले सब्सिडी के लाभ प्राप्त कर रहे हैं गृहिणी माया देवी का कहना है कि बैंक खातों के खुलने से छोटी मोटी बचत का पैसा सुरक्षित रख पाती हैं रुपे डेबिट कार्ड से जमा निकासी में आसानी होती है

आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे तिरानवे वर्ष के थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुये उन्हें एक कद्दावर नेता बताया है वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है विजय मर्चेट अन्डर सिक्सटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्तर्गत अपने पहले मुकाबले के लिए बिहार टीम गुवाहाटी पहुंच गयी है टीम के कोच अली रशीद ने बताया कि इक्कीस अक्टूबर से असम के खिलाफ तीन दिवसीय मुकाबला खेला जायेगा दरभंगा जिले के हरिहरपुर में खेली जा रही दुर्गा पूजा फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किशनपुर की टीम ने हासिल किया है आज खेले गये फाइनल मुकाबले में किशनपुर ने शुभंकरपुर को शुन्य के मुकाबले दो गोल से पराजित कर दिया प्रदेश के तेईस जिलों के सूखाग्रस्त घोषित दो सौ छह प्रखंडों में किसानों से बाईस अक्टूबर से सूखा अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे जिन किसानों की फसल सूख रही है उन्हें साक्ष्य के साथ आवेदन देना होगा आवेदन से पहले किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा

भागलपुर जिले में बब्बरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे दो अपराधी देशी बम फटने से घायल हो गये